और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ठंड में बढोतरी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के रूप में चलाये जा रहे छ्द्मयुद्ध के प्रयास सफल नहीं होंगे रक्षामंत्री आज पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एक सौ सैंतीसवें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर रहे थे श्री सिंह ने कहा कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आने के बाद वह अब अलग थलग पड़ गया है आतंकवाद के खिलाफ सशस्त्र बलों की क्षमता का उल्लेख करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेनायें देश की ताकत हैं

सच्चे और अच्छे भारतीय होने का अर्थ है देश सेवा को अपना फर्ज समझना और अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना इस वर्ष नवंबर तक देश में कुल एक हजार छह सौ तिरानवे ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया जा चुका है देश के विभिन्न भागों में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत चरणबद्ध ढंग से ग्यारह अक्टूबर दो हजार चौदह को की गई थी इसका उद्देश्य सांसदों की नेतृत्व क्षमता और ग्रामीण विकास के प्रति वचनबद्धता को बढ़ाना है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाना और अन्य लोगों के लिए उन्हें एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है सरकार अगले वर्ष मार्च तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना में एक करोड़ व्यापारियों और अपना काम करने वाले लोगों को शामिल करने की तैयारी कर रही है जिससे इन लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज एक समारोह में इन दोनों योजनाओं में लोगों को पंजीकृत करने के अभियान की शुरूआत की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कैंपा फंड के तहत मिली सैंतालीस हजार करोड़ रूपये की राशि जंगल क्षेत्र में पानी के संरक्षण जंगली जानवरों की सुरक्षा और संपूर्ण पर्यावरण संरक्षण पर खर्च की जायेगी श्री जावड़ेकर आज नई दिल्ली में वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे इस बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी समेत बारह राज्यों के वन मंत्री शामिल हुये कैंपा फंड के तहत बिहार को पांच सौ बावन करोड़ रूपये मिले हैं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का अनशन आज पांचवे दिन समाप्त हो गया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वरिष्ठ नेता शरद यादव ने पीएमसीएच में उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी मौजूद थे गौरतलब है कि नवादा और औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर श्री कुशवाहा पटना के मिलर स्कूल मैदान में अनशन कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जरूरत मंद लोगों को नया जीवन देने के लिए लोगों से अंगदान करने की अपील की आज नई दिल्ली में दसवें भारतीय अंगदान दिवस पर उन्होंने कहा कि लोगों को अंगदान के लिए सामुहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके लिए पहल करनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में लोगों से जागरूकता के प्रसार के लिए भी अपील की केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि लोगों को अंगदान की शपथ लेनी चाहिए आकाशवाणी समाचार सेवा ने आज से अपनी वेबसाईट के उर्दू संस्करण की शुरूआत की है आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि डिजिटल डोमेन में पहुंच बढ़ाने के लिये आकाशवाणी ने यह शुरूआत की है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने फर्जी खबरों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालय से संबंधित समाचारों की पुष्टि के लिए विशेष जांच इकाई गठित की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी प्लेटफार्म से मिली संदिग्ध सामग्री का स्नैपशॉट लेकर ई मेल करने और इसकी समुचित पुष्टि करने को कहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भ्रामक समाचारों पर अंकुश की अपील करते हुए कहा कि यह पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है पटना में बढ़ते प्रद्षण पर नियंत्रण के लिए सड़क किनारे लकड़ी और कोयले का चूल्हा जलाने वाले द्रकानदारों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जायेगा योजना के पहले चरण में कल पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में परिवहन विभाग की पहल पर एक सौ पचास फुटपाथी दुकानदारों को गैस कनेक्शन दिया जायेगा केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य करने की अंतिम समय सीमा पन्द्रह दिसम्बर तक बढ़ा दी है पहले यह तिथि एक दिसम्बर तक निर्धारित थी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अधिकतर गाड़ी मालिक अब भी कई कारणों से अपने वाहनों को फास्ट टैग से नहीं जोड़ पाये हैं इसलिए कुछ और समय दिया गया है

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुये खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मिथिला की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही समृद्ध रही है उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव आयोजित होते रहने से नई पीढ़ी को अपने संस्कारों से परिचित होने का अवसर मिलता है हमारे संवाददाता ने बताया कि कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल पर पहुंच रहे हैं

गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान पन्द्रह दशमलव चार पूर्णियां का सोलह और भागलपुर का न्यूनतम तापमान सत्रह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वान्रमान में कहा है कि पटना गया भागलपुर और पूर्णिया समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा जबकि दिन के समय आसमान पूरी तरह साफ रहेगा लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोबरदाहा जंगल में पुलिस बलों और नक्सलियों के बीच आज हुई मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है सूत्रों ने बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के दिघरी चौक में पिछले दिनों एक मछली व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी पिस्तौल तीन कारतूस चार मोबाइल और तीन मोटरसाईकिल बरामद की गई है अरवल जिले में पेंशन सप्ताह और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए निबंधन सप्ताह का आयोजन किया गया इस अवसर पर व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत भी की गई

और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ठंड में बढोतरी